पिछले चौबीस घंटों के दौरान झारखंड में कोरोना के तीस नए मरीज मिले राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई छह ने राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ा चार जिले पलामू चतरा गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण मृत्य दर तीन दशमलव तीन शून्य प्रतिशत से घट कर दो दशमलव आठ सात प्रतिशत रह गई है जो विश्व में सबसे कम है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट के लिए सरकार के उपायों के कारण भारत में एक लाख की जनसंख्या में दस दशमलव सात लोग ही संक्रमित हुए इसकी तुलना में विश्व में एक लाख की आबादी पर उनहत्तर दशमलव नौ लोग संक्रमित हुए अधिकारी ने कहा कि एक लाख की आबादी पर विश्व में चार दशमलव पांच लोगों की मृत्यु हो रही है जबकि भारत में एक लाख की आबादी पर केवल शून्य दशमलव तीन लोगों की ही मृत्यु हो रही है जो विश्व में सबसे कम है राज्य में कोरोना संक्रमित तीस नए मरीज मिले हैं जिससे राज्य में मरीजों की संख्या बढकर चार सौ उनचालीस हो गई है कल गुमला में छह पष्चिमी सिंहभूम में चार गढ़वा हजारीबाग धनबाद में तीन तीन पूर्वी सिंहभूम कोडरमा खूंटी पलामू में दो दो सरायकेला रांची और लोहरदगा में एक एक मरीज मिले वहीं कल ही रिम्स रांची में इलाजरत पष्विम बंगाल के कोरोना पॉजिटिव प्रवासी श्रमिक की इलाज के दौरान मौत हो गई यह श्रमिक बीते सोमवार को सिकिदिरी में हई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या छह हो गई है खूंटी में मिले दो और कोरोना पोजिटिव दोनों संक्रमित युवक एक दिन पूर्व मिले संक्रमित के साथ कंटेनर पर मुम्बई से कर्रा आये थे जिस पर सवार होकर एक दिन पहले मिला कोरोना संक्रमित कर्रा पहुंचा था दोनों संक्रमित पहर्ल से ही सरकारी क्वारेंटाइन में हैं इस सुचना की आधिकारिक पृष्टि हो चुकी है लोहरदगा में मिला मरीज जयपुर राजस्थान से लौटा था उसकी स्क्रीनिंग करने के पश्चात उसे सरकारी क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है अब जिले में पॉजिटिव की संख्या तीन हो गई है वहीं पश्चिमी सिंहमूम जिले में कल देर रात एक और कोरोना मरीज की पुष्टि होने से अब यहां कल संख्या चौदह हो गई है जिले में क्वारेंटाइन में रह रही एक प्रवासी महिला मजदूर की कोरोना से तो नहीं बल्कि सर्पदंश के कारण मौत हो गयी

धनबाद जिले में कोरोना संक्रमित तीन नए मरीज मिलने के बाद जिले में पीड़ितों की संख्या तेरह हो गयी है वहीं इलाजरत दो मरीज ठीक भी हो गए हैं

प्रवासी मजदूर हो या अन्य पीड़ित उन्हें क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कल नई दिल्ली में यह घोषणा करते हुए कहा कि पारदर्शिता निजता और सुरक्षा आरंभ से ही आरोग्य सेतु के मुख्य सिद्दांत रहे हैं डेवलेपर कम्युनिटी के लिए सोर्स कोड खुलने से इस बात के महत्व का पता चलता है कि सरकार इन सिद्वांतों के लिए अब भी प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह अनोखी बात है क्योंकि विश्व में कहीं भी किसी भी सरकारी उत्पाद को इस हद तक ओपन सोर्स नहीं किया गया है कोरोना वायरस महामारी के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट के नमूनों की जांच अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित तकनीकी मानदंडों के अनुसार नौ प्रयोगशालाओं में की जा रही है ये किट स्वास्थ्यकर्मियों के पूरे शरीर को ढकने के लिए बनाए जाते हैं परीक्षण के मानदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार हैं पीपीई किट को इस तरह से बनाया जाता है कि विषाणुओं को फैलाने वाले तरल पदार्थ या सूक्ष्म कण इनके आर पार न गुजर सकें सभी सरकारी खरीद एजेंसियां और निजी अस्पतालों को सलाह दी गई है कि वे प्रमाणित एजेंसियों से ही सामग्री की खरीद करें किट में अंदर की ओर विशिष्ट प्रमाण संख्या मुद्रित होना जरूरी है विदेशमंत्री एस जयशंकर ने कल वंदेभारत मिशन की समीक्षा की बैठक में अभियान को अधिक प्रभावी बनाने पर विचार किया गया डॉ जयशंकर ने बताया कि वंदेभारत मिशन के दूसरे चरण के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया इसके तहत साठ देशों से एक लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा उन्होंने बताया कि अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई प्रवेश स्थलों को बढ़ाने और फीडर उड़ानों की भी योजना बनाई जा रही है विदेशमंत्री ने यह भी बताया कि ईरान से भारतीय मछ्आरों को लाने का काम जून में किया जाएगा

चार जिले चतरा पलाम गढवा और लातेहार लु की चपेट में है मौसम विभाग ने इन चारों जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे लू से बचें और सभी सुरक्षा मानको का पालन करें कल चतरा का अधिकतम तापमान छियालीस डिग्री तक पहुंच गया मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है अठाइस मई के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बारिष हो सकती है लॉक डाउन के कारण दूसरे प्रदेशों से रोजी रोजगार गंवाकर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर गिरिडीह जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरो के लिए सुखा राहत सामग्री बांटने का निर्णय लिया है

मंत्रालय ने ट्वीटर पर कहा कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखने साबून और पानी से हाथ धोने या एल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल जैसे नियमों का पालन करना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकना दंडनीय अपराध बनाया गया है इससे वायरस फैलने का जोखिम भी बढ़ सकता है

पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि राज्य सरकारों को सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई निर्णय नही लिया गया है मंत्रालय के अनुसार देशभर में शिक्षण संस्थान खोलने पर प्रतिबंध अब भी जारी है

श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृछ सकते हैं नंबर है शन्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात

हर दो वर्ष पर होने वाले सैन्य कमांडर सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है सम्मेलन उनतीस मई तक चलेगा कोरोना संकट के कारण यह सम्मेलन अप्रैल में नहीं कराया जा सका और अब इसे दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर सुरक्षा और प्रशासन संबंधी मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेंगे झारखंड टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के पांच नए विभाग खोले जाएंगे जिनमें रोजगार परक कोर्स शामिल होंगे कोर्स के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा यह निर्णय झारखंड टेक्नीकल यूनिवर्सिटी एक्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिया गया कल ऑनलाइन हुई बैठक में विष्वविद्यालय के कुलपति गोपाल पाठक ने कई प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जिसमें अनुबंधकर्मियों को एक वर्ष का सेवा विस्तार भी शामिल है और अब संक्षिप्त खबर राजधानी रांची का कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी के पांच इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर हो गए हैं आज इन इलाकों से बेरिकेडिंग हटा दी जाएगी

उसकी गिरफ्तारी मुरहू के सायको थाना क्षेत्र के किताहातू जीवरी मोड़ की गई भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिकारी सतीष चंद्र चौधरी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव का प्रभार दिया गया है श्री चौधरी वर्तमान में झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेषक हैं